मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के नये निर्देशों की सख्ती से पालना के लिए अधिकारियों को दिए विशेष आदेश राज्य सरकार के पास कल रात तक साढे ग्यारह लाख से ज्यादा प्रवासियों और श्रमिकों ने अपने गृह राज्य में जाने के लिए कराया पंजीकरण बिहार और झारखण्ड़ के लिए कल कोटा और जयपुर से विशेष रेलगाड़ियां रवाना

सशस्त्र बलों की ओर से कोरोना वॉरियर्स के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कल आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम

गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढाने का आदेश जारी कर दिया है गृह मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है गृह मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं ये दिशा निर्देश देश के जिलों को रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभक्त करते हुए उनमें निहित जोखिम पर आधारित हैं इन दिशा निर्देशों में ग्रीन और अॅरेंज जोन वाले जिलों में कई छूट दी गई हैं

रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या कोरोना के पुष्ट मामलों के दोगुनी होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा रेड और ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को ऑरेंज जोन माना जाएगा

सिनेमाघरों मॉल जिम खेल परिसर सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और अन्य प्रकार सभाएं और धार्मि स्थलों पर लोगों के लिए पूजा के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा चुनिंदा उद्देश्यों और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए रेल और सड़क मार्ग द्वारा लोगों की आवाजाही हो सकेगी रेड ऑरेंज ग्रीन जोन में अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी रेड जोन में निषिद्व क्षेत्र में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी इस क्षेत्र में रिक्शा ऑटा रिक्शा टैक्सी या कैब अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन नाई की दुकान स्पा और सैलून पर रोक रहेगी शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें मॉल बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी हालांकि शहरी इलाकों में एकल दुकानें आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी और इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान का भेद नहीं होगा

ओरेंज जोन में टैक्सी और कैब को चालक के अलावा एक यात्री के साथ परिचालन की अनुमति होगी ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी सिवाय उन गतिविधियों की जिन पर पूरे देश में रोक है

केन्द्र और राज्य की ओर से जारी दिशा निर्देशों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन न हो इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जाए श्री गहलोत कल अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन और प्रवासी श्रमिकों के आवागमन की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की पुरजोर मांग के बाद केन्द्र सरकार ने प्रवासियों और श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों के सुगम आवागमन के लिए बेहतर तालमेल के साथ पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और प्रवासी श्रमिक समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष डॉ सुबोध अग्रवाल ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों को रेलों और अन्य साधनों से उनके गृह राज्यों में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है

इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नितीश क्मार ने बिहार के श्रमिकों और छात्रों को वापस भेजने में सहायता के लिए केन्द्र और राजस्थान सरकार तथा रेलवे का आभार व्यक्त किया है इस बीच रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों तीर्थ यात्रियों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए आज से श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां चलाने का फैसला किया है

यात्रियों को संक्रमण मुक्त की गई बसों से स्टेशन लाकर जांच की जाएगी यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा इन यात्रियों को भेजने वाली सरकार भोजन और पानी मुहैया कराएगी गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और क्वारेंटीन की व्यवस्था की जाएगी श्रमिक साधारण श्रेणी का किराया देकर इन ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे रेल मंत्रालय टिकटों की ब्रिक्री सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य सुरक्षा उपायों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा

कलेक्ट्रेट से शुरू हुआ पलैग मार्च शहर के विभिन्न मार्गो से होता हुआ चेतक चौराहे पर खत्म हुआ

सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में राशन गबन के मामले में एक राशन डीलर को गिरफ्तार किया गया

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने यह जानकारी दी सशस्त्र बल श्रीनगर से तिरूवन्तपुरम और डिब्रगढ से कच्छ तक भारतीय वायुसेना के लडाकू और मालवाहक विमानों से फ्लाई पास्ट करने जैसे कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे वायुसेना और नौसेना के हेलिकॉप्टर कोविड मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करेंगे

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस महीने के अंत तक लगभग एक हजार मंडियां ई नाम मंच र्से जुड़ जाएगी

यह मंच राज्य की सीमाओं से परे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है

आग उगलती गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया मौसम विभाग के अनुसार आज भी भीषण गर्मी बनी रहेगी विभाग ने कल पश्चिमी विक्षोम के असर से कहीं कहीं ब्रंदा बांदी होने की संभावना जताई है